पश्चिम बंगाल तथा जम्मू कश्मीर में हिंसा की छिटपुट घटनाओं को छोड़कर देश भर में मतदान शांतिपूर्ण रहा

सुरक्षा कारणों से अनंतनाग सीट पर तीन चरणों में मतदान कराया गया

गर्मी के बावजूद लोगों में मतदान के प्रति उत्साह दिखाई दिया

इस चरण में टीकमगढ़ से भाजपा प्रत्याशी केन्द्रीय मंत्री वीरेन्द्र क्मार होशंगाबाद से वर्तमान सांसद राव उदय प्रताप सिंह दमोह से पूर्व केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल खजुराहो से बीडीशर्मा के अलावा कांग्रेस प्रत्याशी किरण अहिरवार प्रताप सिंह लोधी कविता सिंह का भाग्य ईवीएम में बन्द हो गया सीबीएसई परिणाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कल दसवीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं

पांच सौ में से चार सौ निन्यानवें अंक प्राप्त कर तेरह विद्यार्थी शीर्ष स्थान पर रहे

इसमें मध्यप्रदेश की आस्था रघुवंशी भी शामिल हैं लड़कियों का प्रदर्शन इस बार भी लड़को से बेहतर रहा क्षेत्रवार त्रिवेंद्रम ने निन्यानवें दशमलव आठ पांच प्रतिशत के साथ सबसे अच्छा प्रदर्शन किया उसके बाद चैन्नई और अजमेर क्षेत्र का स्थान रहा केन्द्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने इस परीक्षा में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है

भाजपा के लोकसभा क्षेत्र संयोजक देवेन्द्र वर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री की सभा के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही है राहुल दौरा कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी कल प्रदेश के दौरे पर आयेंगे इस दौरान वे भिंड में दोपहर दो बजे मुरैना में चार बजे और ग्वालियर में छह बजे चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे पूर्व केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री कमलनाथ भी इन सभाओं में मौजूद रहेंगे

इस अवसर पर राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेशवासियों को परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया पर्व की बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं श्रीमती पटेल ने कहा कि भगवान परशुराम पराकम और सत्य के धारक थे उन्होंने समाज को संगठनात्मक शक्ति का आधार प्रदान किया उनके जीवन से हमें नैतिक मूल्यों की रक्षा करते हुए राष्ट्रीय सम्मान के प्रति जागरूक रहने की प्रेरणा मिलती है राज्यपाल ने अक्षय तृतीया की श्भकामनाएँ देते हुए नागरिकों का आव्हान किया कि इस पर्व पर कमजोर वर्ग की मदद के लिये आगे आएँ राज्यपाल ने इस मौके पर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की है अक्षय तृतीया पर विवाह समारोह आयोजित किये जाते हैं इस दौरान बाल विवाह न हो इसके लिए प्रदेश भर में प्रशासन ने अधिकारियों और कर्मचारियों की टीमे गठित की हैं रमजान रमजान का पवित्र महिना शुरू हो गया है आज रमजान का पहला रोजा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस मौके पर लोगो को ॅबधाई दी है उन्होंने उम्मीद् जताई है कि ये महिना समाज में मेल मिलाप खुशहाली और भाईचारे की भावना को मजबूत करेगा बांग्लादेश आकाशवाणी बांग्लादेश के सूचना मंत्रालय के सचिव अब्दुल मलेक के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडल ने कल नई दिल्ली में आकाशवाणी का दौरा किया और इसके अधिकारियों के साथ दोनों देशों के लोक प्रसारकों के बीच हुए समझौते को लागू करने के तौर तरीकों पर चर्चा की शिष्टमंडल ने आकाशवाणी और द्रदर्शन के महानिदेशक आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस मुद्दे से जुड़े सभी पहलुओं पर विचार विमर्श किया चुनाव प्रचार लोकसभा चुनाव के शेष दो चरणों के लिए प्रचार जोरों पर है विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता रैलियां और सभाएं कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भिंड संसदीय क्षेत्र के अटेर लहार और सेवड़ा में जनसभाओं को संबोधित करेगे वहीं श्री चौहान ने कल भोपाल में भाजपा प्रत्याशी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के पक्ष में नरेला क्षेत्र में रोड शो किया इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि ये चुनाव कांग्रेस की गलत नीतियों के खिलाफ लड़ाई है उन्होंने लोगों से भाजपा के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान का आव्हान भी किया दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री और भोपाल से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने बिट्ठल मार्केट से पदयात्रा की शुरूआत कर अपने लिए समर्थन मांगा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री कमलनाथ आज उज्जैन जिले के महिदपुर और बड़नगर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे मतदाता जागरूकता ग्वालियर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शिवम वर्मा के निर्देशन में चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान के तहत कल जनपद पंचायत घाटीगाँव की ग्राम पंचायत सुसैरा मिलावली तथा ग्राम पंचायत तिलघना के ग्राम दुगनावली में नुक्क्ड़ नाटक का मंचन किया गया नाटक के जरिए ग्राम के मतदाताओं को शत प्रतिशत मतदान करने के लिए अपील की गई इसके साथ ही यह बताया गया कि मतदान के लिए एक पहचान पत्र अनिवार्य रूप से ले जाएं वहीं ग्राम पंचायत घाटीगाँव में ग्रामीण महिलाओं द्वारा एकत्रित होकर मतदान करने की शपथ ली ग्वालियर में लोकसभा चुनाव में मतदान के लिये उपयोग में लाई जाने वाली इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों ईवीएम व वीवीपैट तैयार करने कमीशनिंग का काम जारी है हमारे संवाददाता ने बताया कि ईवीएम की तैयारी एमएलबी कॉलेज में की जा रही है कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग चौधरी ने कल एमएलबी कॉलेज पहँचकर ईवीएम कमीशनिंग का जायजा लिया साथ ही मतदान सामग्री वितरण के लिए की जा रही तैयारियों को भी देखा

इसी दिन मतदान केन्द्रों के लिये मतदान दल रवाना होंगे

आईपीएल आईपीएल क्रिकेट में कल शाम साढ़े सात बजे पहले क्वालीफायर मैच में मेजबान चेन्नई का मुकाबला मुंबई से होगा विजेता टीम सीधे फाइनल में जाएगी जबकि हारने वाली टीम को खिताबी मुकाबले में पहुंचने के लिए दूसरे क्वालीफायर मैच में एक और मौका मिलेगा मौसम प्रदेश के अधिकांश हिस्से में तेज गर्मी पड़ रही है

वहीं शेष संभाग के जिलों में मौसम शुष्क रहा सागर संभाग के कुछ स्थानों पर तापमान में वृद्धि दर्ज की गई जबकि रीवा उज्जैन और शहडोल संभागों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई

इस दौरान वे बैरसिया क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे